यह केन्द्र स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े लोगों के अनुभवों को साझा करने का एक मंच होगा

बाद में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे

नरेन्द्र मोदी सरकार युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं पिछले पांच वर्ष में शुरू की गई हैं इनका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है क्योंकि सशक्त युवा ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चन्द्र मुर्मु को पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद रहे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से किराने की दुकान में काम करने वालों तथा सब्जी और अन्य फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा है राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया है कि ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त एम्बुलेंसों से परिवहन की सुविधा और तेजी से कार्रवाई करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध न हो पाने के मामलों में भी दैनिक आधार पर नजर रखी जानी चाहिए प्रदेश में कई स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है

कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से सीसारमा नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है